प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयुष्मान भारत के नये मोबाइल ऐप की शुरूआत की

सत्र के पहले दिन कल राज्यपाल अनुसुईया उइके भी सदन में मौजूद रहेंगी राज्यपाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अन्य मंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्वांजलि अर्पित करेंगे इस अवसर पर राज्यपाल महात्मा गांधी के चित्रों की प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगी इसके बाद सुबह ग्यारह बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक सदन की कार्यवाही में राष्ट्रपिता के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा होगी सदन की कार्यवाही शाम पांच बजे तक चलेगी परसों तीन अक्टूबर को विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन सुबह ग्यारह बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक सदन की कार्यवाही चलेगी गांधी जयती के मौके पर कल से राज्य में कई अन्य आयोजन भी शुरू होंगे इस अवसर पर राजधानी रायपुर से एक पदयात्रा निकाली जाएगी बच्चा बच्चा गांधी थीम पर निकलने वाली इस पदयात्रा में एक हजार बच्चे बापू की वेशभूषा में शामिल होंगे यह पदयात्रा सुबह आठ बजे जयस्तंभ चौक से शुरू होगी जिसका समापन गांधी मैदान में होगा इसके अलावा चार से दस अक्टूबर तक धमतरी जिले के कण्डेल से रायपुर तक एक अन्य पदयात्रा भी निकाली जाएगी गांधी विचार यात्रा का नाम से निकलने वाली इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल होंगे साथ ही ग्यारह से सत्रह अक्टूबर तक प्रदेश के सभी विकासखंडों में गांधी विचार यात्रा निकाली जाएगी

इनमें मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम और मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना शामिल है गांधी जयंती पर कल से राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के आयोजनों का सिलसिला शुरू होगा ग्राम सभा की बैठकों में कृषि स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण और बाल संरक्षण जैसे मुद्दों के साथ ही सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी ग्राम सभा में शामिल ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रस्ताव भी पारित करेंगे ग्राम सभाओं के माध्यम से गांधीवादी विचार दर्शन का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा कल से ही राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में जागब वोटर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के अधिकार के इस्तेमाल के प्रति शपथ दिलाना है राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों की बैठक और ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को मतदान की शपथ दिलाई जाए साथ ही निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए समय अनुसूची और प्रक्रिया का प्रचार प्रसार भी किया जाए

उन्होंने बंदियों को गांधी जी की करूणा और सदाचार की सीख दी श्री बघेल ने ऐसे बंदियों जो विभिन्न धाराओं में प्रावधानित सजा से अधिक समय काट चुके है उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव जेल सीके खेतान को दिए इस अवसर पर गांधी जी के जीवन पर आधारित चार पुस्तकों का विमोचन भी किया गया बंदियों ने इस अवसर पर बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की आकर्षक प्रस्तुति दी

उन्होंने पीएम जेए वाई और आयुष्मान भारत स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज का भी शुभारंभ किया नई दिल्ली में आरोग्य मंथन के दीक्षांत समारोह के दौरान श्री मोदी ने आयुष्मान भारत पीएमजे के चुनिंदा लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की आयुष्मान भारत के एक साल पूरा होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इस दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आरोग्य मंथन का उद्देश्य पीएमजे के सभी महत्वपूर्ण हितधारकों को एक मंच उपलब्ध कराना है ताकि पिछले एक साल के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान आई चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जा सके और भविष्य में इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके

आज रायपुर से इस पोर्टल का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय और लघु उद्योगों को प्राथमिकता मिलेगी और तैयार वस्तुओं के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध होगा मुख्यमंत्री ने खरीदी जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं शुभारंभ कार्यक्रम में वाणिज्य औरं उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी उपरिथित थे वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने बताया कि ई मानक पोर्टल प्रणाली में स्थानीय लघु उद्योगों के लिए शासकीय बाजार की ऑनलाइन व्यवस्था के साथ साथ क्रय आदेश से देयक भुगतान तक सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी हाईकोर्ट आरक्षण छत्तीसगढ़ में बयासी प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है

आठ सौ मेगावाट की इस परियोजना के सफल रूप से शुरू होने पर क्षेत्रीय कार्यालय निदेशक पश्चिम दो के विनोद चौधरी और लारा के कार्यकारी निदेशक संजय मदान ने कर्मचारियों और सहयोगी एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की इस इकाई के जुड़ने से एनटीपीसी और एनटीपीसी समूह की व्यवसायिक उत्पादन क्षमता बढ़ गई है आठ सौ मेगावाट की एक अन्य इकाई के भी अगले वर्ष से शुरू होने की संभावना है तबादला राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के आठ अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है जारी आदेश के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग के सचिव सोनमणि बोरा को संसदीय कार्य विभाग के सचिव के पद पर पदस्थ करते हुए राजभवन सचिवालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है इसी तरह खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव परदेशी सिद्धार्थ कोमल को संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है वहीं खनिज साधन विभाग के विशेष सचिव अन्बलगन पी को वर्तमान प्रभार के साथ पर्यटन विभाग के विशेष सचिव का प्रभार दिया गया है इसके अलावा अलरमेलमंगई डी सीआर प्रसन्ना संजय अग्रवाल और रवि मित्तल सहित जीवन किशोर ध्र्व को भी नई पदस्थापना दी गई है स्कूल जिज्ञासा परियोजना प्रदेश के रायपुर राजनांदगांव और दुर्ग जिले से चुने गए दो सौ प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में जिज्ञासा परियोजना की शुरूआत की जा रही है इसमें लगभग आठ सौ शिक्षकों और बीस हजार विद्यार्थियों को डिजिटल पढ़ाई की सुविधा मिलेगी इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की उपस्थिति में आज मंत्रालय में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए इस अवसर पर संचालक लोक शिक्षण एस प्रकाश और आईपीईसी केडी की ओर से अमिता शर्मा उपस्थित थी मौसम और अब पेश है मौसम का हाल आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके असर से राज्य में भी बारिश हो रही है राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद रूक रूककर तेज बारिश हुई बीते चौबीस घंटों के दौरान दुलदुला कटघोरा कुनकुरी राजपुर लुण्ड्रा और बिलासपुर में भी बारिश हुई संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज विधानसभा स्थित अपने कक्ष में नव निर्वाचित विधायक देवती कर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में कल दो अक्टूबर को आयोजित होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने कोरबा जिला प्रशासन को जिले में बारिश से हुई क्षति का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं